पीएम बातचीत कैडेट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि गणतंत्र दिवस की परेड भारत की महान सामाजिक सांस्कृतिक विरासत और सामरिक शक्ति के प्रति श्रद्धांजलि है और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को जीवंत करने वाले संविधान के लिए सम्मान का प्रतीक है गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने आए राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना के कैडेट तथा झांकियों के कलाकारों से कल अपने आवास पर बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब वे राजपथ पर जोश के साथ परेड करते हैं तो प्रत्येक देशवासी का हृदय उत्साह और ऊर्जा से भर जाता है

उन्होंने कहा कि उन्हें गरीबों और आम जनता को सही सूचना उपलब्ध करानी है और इस संबंध में गलत सूचनाओं और अफवाहों की प्रक्रिया को खत्म करना है उन्होंने कहा कि हमें देश को मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश करते रहना चाहिए उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर बन रही वस्तुओं का सम्मान करना और उन्हें प्रोत्साहन देना है उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर रहा है

राष्ट्रपति का संबोधन शाम सात बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों से पहले हिन्दी और फिर अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी भोपाल से सायंकालीन प्रादेशिक समाचार इस महत्वपूर्ण प्रसारण के तुरंत बाद प्रसारित किये जाएंगे नोट खंडन सरकार ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक ने इस वर्ष मार्च के बाद पांच दस और सौ रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है पत्र सूचना कार्यालय ने इन खबरों को गलत बताते हुए स्पष्ट किया है कि रिजर्व बैंक ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है

इस अवसर पर लोकसेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा कार्यक्रम में श्री चौहान वर्चुअली संभागायुक्तों एवं कलेक्टर्स के साथ संवाद भी करेंगे प्रत्येक जिले में लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले शासकीय सेवकों को सम्मानित भी किया जाएगा

उनकी शिक्षा स्वस्थ्य और सुरक्षा के लिए सरकार और समाज को मिलजुल कर काम करना होगा श्री चौहान ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय पंख अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि बेटियों के साथ अपराध करने वालों तत्वों से सरकार सख्ती से निपटेगी

एक टवीट में श्री मोदी ने लोगों से कार्यक्रम के लिए प्रेरक कहानियां साझा करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उनमें से कुछ कहानियों को अपने कार्यक्रम में शामिल भी करेंगे

राष्ट्रीय मतदाता दिवस देश भर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा इसका उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में मतदाताओं को मतदाता सूची में नामांकन के लिए प्रेरित करना है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि होंगे

कार्यक्रम में नये मतदाताओं का सम्मान किया जायेगा और उन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र भी दिये जायेंगे मतदाता दिवस प्रदेश राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्यस्तरीय समारोह आज मिंटो हॉल भोपाल में आयोजित किया जाएगा समारोह के मुख्य अतिथि राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह होंगे इस समारोह में मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग के संदेश का वाचन किया जाएगा मुख्य अतिथि श्री सिंह युवा मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र का वितरण करेंगे तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जाएंगे

राज्य और जिला स्तर पर ये आयोजन होंगे लाल परेड मैदान भोपाल में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह के लिये कल रिहर्सल की गई विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा इस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे तथा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे

भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा उपस्थित रहेंगे